जीएसटी रिटर्न नहीं भरने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई

केन्द्र सरकार ने कहा है कि चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य अब नहीं बढ़ाया जायेगा केन्द्र ने भरोसा दिया है कि इससे चीनी के खुदरा दाम और नहीं बढ़ेंगे सूत्रों के अनुसार सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं के हितों की कीमत पर चीनी मिलों की मदद नहीं की जा सकती है खाद्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार चीनी मिलों की मदद के लिए पहले ही बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी समेत कई कदम उठा चुकी है मौसम विभाग के अनुसार अब प्रदेश में मॉनसून पहुंचने में चार से पांच दिनों की देरी हो सकती है मौसम विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक देवाशीष ने बताया कि त्रिपुरा पहुंचने के बाद मॉनसून थोड़ा कमजोर हो गया है जिसके चलते बिहार में मॉनसून देर से आयेगा मॉनसून की रफ्तार को देखते हुए अब इसके सोलह जून तक प्रदेश में दस्तक देने की संभावना है हालांकि प्रदेश के अनेक हिस्सों में आकाश में बादल छाये हुए हैं

इस दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है जीएसटी रिटर्न नहीं भरने वालों पर अब सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी जीएसटी लागू होने के शुरूआती दिनों में रिटर्न दाखिल न करने वालों के प्रति नरम रूख अपनाने के बाद सरकार अब सख्ती करने की तैयारी में है जो व्यापारी समय पर रिटर्न नहीं भरकर टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है इसी क्रम में सीबीआईसी के सदस्य और जीएसटी मामलों के प्रभारी महेन्द्र सिंह ने आठ जून के सभी प्रधान मुख्य आयुक्तों और मुख्य आयुक्तों को पत्र लिखकर जीएसटी रिटर्न न दाखिल करने वालों के खिलाफ की गयी कार्रवाई का ब्योरा मांगा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शराबबंदी कानून में सरकार जल्द ही संशोधन करेगी ताकि इसके कुछ प्रावधानों के दुरूपयोग को रोका जा सके मुख्यमंत्री ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि शराबबंदी के सख्त प्रावधानों का अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर इस संबंध में कार्रवाई की जायेगी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की योजना पर अमल के लिए केंद्र चौदह जून को अधिकांश राज्यों के साथ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर करेगा केन्द्र सरकार ने गांवों में पांच हजार वाई फाई चौपालों और जन सेवा केन्द्रों कॉमन सर्विस सेन्टर के जरिए रेल टिकटों की बिक्री की शुरूआत की है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में इस योजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि जन सेवा केन्द्र सूचना की शक्ति की अवधारणा के साथ डिजिटलीकरण का जन आंदोलन चला रहे हैं और इससे आम आदमी का सशक्तिकरण होगा श्री प्रसाद ने कहा कि योजना का उद्देश्य भारतनेट के जरिए ग्रामीण इंटरनेट संपर्क का स्वरूप बदलना है और वाई फाई चौपालों के माध्यम से ग्रामीण इलाकों के लोगों को विभिन्न डिजिटल प्रक्रियाओं के लिए प्रभावी इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराना है उन्होने बताया कि पन्द्रह जून को प्रधानमंत्री जन सेवा केन्द्र गांव स्तर के उद्यमियों को संबोधित करेंगे बांका नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रौनक सिंह तथा उनके पिता उपाध्यक्ष अनिल सिंह सहित छह लोगों के खिलाफ पुलिस ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन और आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चुनाव में जीत के बाद पिता पुत्र ने जुलूस के दौरान घातक हथियारों के साथ प्रदर्शन किया था प्रदेश में पन्द्रह जून के बाद अनुमंडल स्तर पर कृषि यांत्रिकीकरण मेले का आयोजन किया जायेगा इस मेले में किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र दिये जायेंगे खास बात यह है कि इस बार किसानों को पैडी ट्रांसप्लांटर देने पर विशेष जोर होगा

भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में स्थित गंगा घाट को हरिद्वार की हर की पौड़ी की तर्ज पर विकसित किया जायेगा श्रावणी मेला को राजकीय मेला का दर्ज मिलने पर सुल्तानगंज घाट से कांवरियां मार्ग तक कई सुविधाएं विकसित होंगी पटना एम्स में अठारह जून से इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर शुरू कर दिया जायेगा इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ट्रामा सेंटर में साठ और इमरजेंसी में तीस बेड की व्यवस्था की गयी है इन केन्द्रों पर आने वाले मरीजों को विश्व स्तर की स्वास्थ्य सेवा दी जायेगी दलसिंहसराय में खेली जा रही सुनैना वर्मा सीनियर महिला इंटर जोनल क्रिकेट लीग के पहले फाइनल में बेस्ट जोन ने ईस्ट जोन को तैंतालीस रनों से पराजित कर दिया बेस्ट जोन की ओर से रचना कुमारी ने एक सौ इकतीस रनों को नाबाद पारी खेली इंडोनेशिया में अठारह अगस्त से दो सितम्बर तक आयोजित हो रहे अठारहवें एशियाई खेलों में भाग लेने वाली भारतीय टीम के तीसरे चयन शिविर के लिए राज्य की शमा परवीन का चयन किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़कर पन्द्रह से बाईस जून कर दी है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम वाराणसी कोलकाता सहित देश के सात शहरों के लिए अगस्त माह से लग्जरी बसों का परिचालन करेगा भारत सरकार की खाद्य सुरक्षा मंत्रालय ने जन स्वास्थ्य को लेकर बिहार को फूड सेफ्टी ऑन व्हील उपलब्ध कराया है इस चलंत लैब में अत्याधुनिक मशीनों के जरिए खादय सामग्रियों की ऑन स्पॉट जांच होगी पटना में अब डोर टू डोर की जगह चलंत कचरा का उठाव किया जायेगा इसके तहत सभी वार्डो में ऑटो टिपर के साथ मजदूर सुबह सुबह हर गली में पहुंचेंगे खगड़िया की पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया है दोनों सिपाही पीएमसीएच में ईलाजरत कैदी खगड़िया के पूर्व विधायक रणवीर यादव की निगरानी में तैनात थे और औचक निरीक्षण के दौरान गायब पाये गए थे पुलिस अधीक्षक ने संदिग्ध आचरण और लापरवाही बरते जाने के मामले में जिला के गोगरी थानाध्यक्ष अनिल कुमार यादवेन्द् को भी निलंबित कर दिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है शराबबंदी कानून में संशोधन को कमिटी दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए शीर्षक लगाया है बिहार में एनडीए में दरार की बात निराधार दैनिक भास्कर ने इंटर रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर छात्रों के हंगामे की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापते हुए सुर्खी लगायी है लगातार पांचवें दिन बोर्ड के दफ्तर के बाहर छात्रों का हंगामा पथराव पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा प्रभात खबर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य संबंधी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है किडनी संबंधी दिक्कत के बाद वाजपेयी एम्स के आईसीयू में और अब अंत में मुख्य समाचार केन्द्र सरकार ने कहा चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य अब नहीं बढ़ाया जायेगा

जीएसटी रिटर्न नहीं भरने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई